मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें नरेश बंसल उतराखंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में नरेश बंसल आज निर्विरोध निर्वाचित हो गये मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंघल से नरेश बंसल ने राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद नरेश बंसल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से उनके कार्यालय कक्ष में भेंट की विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नरेश बंसल ने विभिन्न दायित्वों पर रहकर संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया ह उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में नरेश बंसल राज्यसभा सदस्य के तौर पर प्रदेश की सेवा करेंगे इस अवसर पर भाजपा ने विधानसभा से प्रदेश म्ख्यालय तक विजय ज्लूस भी निकाला कृषि बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में सेब नाशपाती सहित अन्य फलों के बागों के पूनर्जीविकरण और विस्तारीकरण के लिए भरसार और जीबी पंत विश्वविदयाल के कुलपतियों की एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं कृषि उद्यान रेशम विकास विभागों की समीक्षा बछक में म्ख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सेब और अन्य फलों की खेती को आध्निकतम तकनीक के उपयोग के जरिए लाभप्रद बनाया जाए जरूरत होने पर दूसरी किस्मों से बदला भी जा सकता है उन्होंने कहा कि किसानों के स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाई जाए फार्म मशीनरी बैंक और माइक्रो इरीगेशन का लाभ अधिकतम गांवों तक पहंचाना सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने जंगली जानवरों दवारा खेती को नुकसान पहंचाये जाने का का व्यापक सर्वे करने के निर्देश भी दिये हैं बछक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जविक खेती का और विस्तार किए जाने की जरूरत है

जो प्रकरण केन्द्र सरकार स्तर से निस्तारित होने हैं उसके लिए प्रतिनिधिमण्डल जल्द ही केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों को राज्य में लोगों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए टारगेट दिये हैं लोगों की आजीविका में वृदधि और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाये जाने की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि माई रिफिल स्टोर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास है

बागेश्वर जिले में पहले दिन स्कूल पहंचने वालों वाले छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम रही हालांकि उनमें काफी उत्साह देखने को मिला आज स्कूल आए विद्यार्थियों की पहले थर्मल स्कीनिंग की गई उसके बाद उनकी सोशल डिस्टेंशन को ध्यान में रख पढ़ाई श्रू हई अल्मोड़ा में भी स्कूल पहुंचे छात्र छात्राएं बेहद ख्श नजर आये स्कूलों ने सरकार दवारा जारी एसओपी का पालन किया राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एन एस बिष्ट ने बताया कि कक्षाओं को सब्रेटाइज कराया गया

इस दौरान मास्क समिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया पहले दिन छात्र छात्राओं की संख्या कम रही पौड़ी जिले के स्कूलों में भी महीनों बाद कोरोना गाइडलाइंस के साथ पढ़ाई शुरू ह्ई इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की गई